विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का सदन से वाकआउट बद्दी में फूड लाईसैंस लेकर नकली दवाएं बनाने वाली एक और कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

लेकिन ब्रिक्स ने अभी तक एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी है और प्रदेश को इन परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स से एक भी पैसा नहीं मिला है जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी

विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल पर जलशक्ति मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नामज्ञा गांव के लिए सतलुज नदी से उठाऊ सिंचाई योजना के प्रस्ताव का पुनःनिरीक्षण करने को कहा गया है विधायक रीटा धीमान के एक सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ने कहा कि शाह नहर परियोजना के रखरखाव के लिए केंद्र से आज तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है और इसका रखरखाव राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध धनराशि से ही किया जाता है

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां केंद्रीय कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के तहत आती है और इन पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है

वाकआउट विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने आज सदन से वॉकआउट किया विपक्ष का आरोप था कि अभिभाषण में उठाए गए मुद्दों का मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया साथ ही विपक्ष का यह भी कहना था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और सरकार कर्जो पर चल रही है दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार साफ नीति और साफ नीयत से काम कर रही है

उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बताते हुए कहा कि इसका अनुसरण पंजाब भी कर रहा है और जनमंच तो देश में अनूठे प्रयोग के तौर पर उभरा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष में भयंकर स्थिति बनी हुई है और किसे नेता माना जाए और किसकी सुनी जाए यह भी पता नहीं चल रहा जयराम ठाक्र ने विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर किए गए वाकआउट की कड़ी निंदा की रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला कोरोना वायरस कोरोना वायरस ने हिमाचल में दस्तक दे दी है ऐसे में आज इसकी गूंज प्रदेश विधानसभा भी सुनाई दी

इसलिए सरकार पहले उनकी बात सुने और फिर अपना पक्ष रखे विपक्ष के इस तर्क को मानने से विधानसभा अध्यक्ष और सदन के नेता जयराम ठाकुर ने इनकार किया जिस पर दोनों पक्षों में तीखी नोक झोंक हुई और बाद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी सदन से वाकआउट किया वाकआउट से पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में अधिकांश कारोबार चीन पर आधारित है और प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चे चीन में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार की वहां से आने वाले कोरोना वायरस से निपटने की कोई तैयारी नहीं है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष कोरोना वायरस पर भी राजनीति कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के रोगी की हिमाचल में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है इसके बावजूद विपक्ष सनसनी फैला रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में कोरोना वायरस के तीन संभावित रोगी पाए गए हैं और इनमें से दो टांडा और एक आईजीएमसी में दाखिल है उन्होंने कहा कि सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है एफआईआर सोलन जिले के बद्दी में फूड लाइसेंस लेकर नकली दवाएं बनाने वाली एक और कंपनी के खिलाफ प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज की है कंपनी का पूरा स्टॉक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार किया गया है यह मामला ग्लेनमार्स हैल्थ केयर कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ दवा प्रशासन से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ में कुछ दवाइयां कोरियर कंपनी द्वारा प्राप्त हुई है और भेजने वाले का नाम आदर्श फॉयल बद्दी है तथा इन दवाइयों के नकली होने की संभावना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कब्जे में ली गई दवाईयों के सेंपल ले लिए गए हैं और ये बिना लाइसेंस बनाने का स्पष्ट मामला है उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत भी जांच की जा रही है वक्तव्य विश्वबैंक ने शिमला में पेयजल और सीवरेज परियोजना की शत प्रतिशत लागत वहन करने को हरी झंडी दे दी है

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए भी सैद्वांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है

महिला सशक्तिकरण केन्द्र व राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं कुल्लू जिले की लग घाटी के बढ़ई गांव में देवभूमि हैंडलूम सोसायटी की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे शॉल टोपी और मफलर देश विदेश में मशहूर हैं

मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की उंची चोटियों सहित चम्बा जिले के उंचाई वाले क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे